राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने जमशेदपुर में ने की बैठक कहा प्रजातंत्र के लिए पंचायती व्यवस्था जरूरी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी सम्बोधित किया श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब बदलाव का मन बना चुका है यह राज्य अपने विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है श्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया में जितने भी देश गरीबी से बाहर आये हैं सभी में एक बात सामान्य रही है इन देशों ने सही समय पर बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया उन्होंने कहा कि आधनिक हाइवे रेलवे एयरवे ने इन देशों को आगे बढाने में मदद की प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में भी यह काम दशकों पहले होना चाहिए था लेकिन हुए नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान डिजायन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक सौ महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की सूची तैयार की है जिसे नकारात्मक सूची नाम दिया गया है

उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं उन्होंने आज धेमाजी जिले के सिलापाथेर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं

प्रधानमंत्री आईआईटी ँखडगपुर के छियासठवें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की इस दौरान उन्होंने राज्य में होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ो पर मंथन किया मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाये जा रहे हैं तथा राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक ट्रामा सेंटर के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है

इससे पहले उपराज्यपाल तमिलसाई सौन्दर राजन ने श्री नारायणसामी से आज शाम पांच बजे तक सदन में अपना बहमत साबित करने को कहा था

बाद में उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया

अध्यक्ष डॉक्टर मोना देसाई महिला और डॉक्टर्स विंग आईएमए अहमदाबाद चर्चा में भाग लेंगे

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने आज जमशेदपुर में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रजातंत्र के लिए चुनाव कराना आवश्यक है

राज्य के चार जिलों साहेबगंज बोकारो धनबाद और रामगढ़ में आज से फाईलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हो गया है

इस सिलसिले में रामगढ़ में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन स्थानीय विधायक ममता देवी ने किया इस मौके पर सिविल सर्जन और जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम के दौरान विधायक ममता देवी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की तरह फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है छह दिनों के इस कार्यक्रम में शुरू के तीन दिन लोग ब्र्थो पर जाकर फाईलेरियो रोधी दवाइयां खा सकते हैं इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को दवाईयां देंगे विधायक ने बताया कि इस वर्ष रामगढ़ जिले में दस लाख से ज्यादा लोगों को फाईलेरियो रोधी दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है गढ़वा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं अप्रैल माह तक सभी गांवों में बिजली पहचाने का लक्ष्य रखा गया

कोल्हान प्रमंडल के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में निहित न्याय प्रणाली को दुरूस्त करने के उददेश्य से आज चाईबासा में मानकी और मुंडाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया सम्मेलन में स्थानीय विधायक दीपक बिरूआ भी शामिल हुए सम्मेलन के दौरान न्यायपंच व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और मानकी तथा मुंडाओं को पारंपरिक न्याय प्रणाली में दी गई शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई इस मौके पर विधायक श्री बिरूआ ने कहा की अगर न्यायपंच के बीच मामले सुलझाये जाने लगे तो ग्रामीणों को न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र से पोस्ता की खेती करने के आरोप में चार ग्रामीणों को गिरफ़तार किया गया है

इन ग्रामीणों की गिरफ़तारी इसी सिलसिले में हई है संक्षिप्त खबरें

उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया दुमका जिले के गाबीकोरिया पंचायत भवन में आरसेटी और जेएसएलपीएस की संयुक्त तत्वाधान में सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को मशरूम उत्पादन का दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र भी बांटे गये पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित कुमारेश बीएड कॉलेज की मुख्य प्रायोगिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज से छात्र छात्रओं ने अनिश्तिकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है जमशेदप्र में आज प्रोफेशनल कांग्रेस चैप्टर अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए